मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों तक प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश की जतायी संभावना

भागलपुर का झारखण्ड से सड़क संपर्क टूटा

प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में पिछले अड़तालीस घंटों से हो रही लगातार बारिश के कारण जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है मौसम विभाग के अनुसार जुलाई महीने में पिछले दस सालों के दौरान चौबीस घंटे के भीतर प्रदेश में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गयी आंकड़ों के अनुसार शनिवार सुबह साढ़े आठ बजे से रविवार शाम साढ़े पांच बजे तक पटना में एक सौ तैंतालीस दशमलव एक मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गयी विभाग के अनुसार अगले तीन दिनों तक प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है मॉनसून ट्रफ प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में लगातार सक्रिय हो रहा है जिसके प्रभाव से कहीं कहीं भारी बारिश की भी संभावना बनी हुयी है इधर बारिश के कारण राजधानी पटना के निचले इलाकों में पानी भर जाने से यातायात व्यवस्था प्रभावित हयी है पटना के बेली रोड पर बीपीएससी कार्यालय के सामने रोड धंस जाने से दानापुर की ओर जाने के लिये रूट में परिवर्तन किया गया है पथ निर्माण विभाग के अभियंता और कर्मी सड़क मरम्मत में जुटे हैं मामले की जांच के लिये पांच सदस्यीय कमिटी का गठन किया गया है वहीं एनएमसीएच में पानी घुस जाने से मरीजों के इलाज में काफी परेशानियां हो रही है पटना मुगलसराय रेलखंड पर बक्सर चौसा रेलवे स्टेशन के बीच पटरी के धंस जाने से कई घंटों तक रेल परिचालन बाधित रहा इधर विभिन्न जिला मुख्यालयों से हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि एक ओर जहां बारिश होने से धान की रोपनी में तेजी आयी है वहीं दूसरी ओर जलजमाव के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है पटना जिला प्रशासन ने जलजमाव और बारिश को देखते हुये आज सभी सरकारी और निजी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है पिछले चौबीस घंटों में बारिश के दौरान बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में नौ लोगों की मौत हो गयी बेगूसराय में तीन कैमूर में दो और सासाराम पूर्वी चंपारण अररिया तथा नालंदा में एक एक व्यक्ति की मौत की खबर है नेपाल से निकलने वाली नदियों के जलग्रहण और बहाव क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के कारण कोसी गंडक बूढ़ी गंडक कमला बलान अधवारा समूह और गंगा समेत अन्य नदियों के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है वाल्मिकी नगर स्थित गंडक बराज में नेपाल से एक दशमलव चार लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से नदी में उफान आ गया है कुचायकोट से बैकुंठपुर तक विभिन्न तटबंधों पर दबाव की स्थिति बनी हुयी है गंगा नदी के जलस्तर में व्रद्धि से भागलपुर जिले के कहलगांव में भैना डायवर्सन पर पानी चढ़ने के बाद भागलपुर से झारखण्ड का सड़क संपर्क ट्रट गया है प्रशासन ने एहतियात के तौर पर भारी वाहनों के परिचालन पर पूरी तरह रोक लगा दी है इधर सहरसा मधेपुरा सुपौल खगड़िया दरभंगा मधुबनी मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर जिले में भी विभिन्न तटबंधों पर दबाव की स्थिति बनी हुयी है जल संसाधन विभाग के अभियंता और कर्मी लगातार स्थिति की निगरानी कर रहे हैं इधर सोन नदी के ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण रोहतास जिले के इंद्रपुरी बराज पर पानी के घटने बढ़ने का सिलसिला जारी है प्रशासन ने बाढ़ की आशंका के मद्देनजर तटीय क्षेत्र के लोगों से ऊंचे स्थानों पर जाने को कहा है मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले में सीबीआई ने ग्यारह आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है जांच एजेंसी द्वारा दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि बालिका गृह में रहने वाली लड़कियों को मानसिक प्रताड़ना देकर उनका यौन शोषण किया गया टीम इस बात की भी जांच करेगी कि बालिका गृह में कैसे तीन लड़कियों की मौत हो गयी थी सीबीआई स्पेशल क्राईम ब्रांच की टीम ने जांच के सिलसिले में बालिका गृह का मुआयना किया साथ ही पुलिस महानिरीक्षक सुनील कुमार और एसएसपी हरप्रीत कौर से पूरे मामले की जानकारी ली इधर सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जांच एजेंसी मुजफ्फरपुर के पूर्व जिलाधिकारी धर्मेन्द्र सिंह से भी पूछताछ करने की तैयारी कर रही है साथ ही समाज कल्याण विभाग की सहायक निदेशक रोजी रानी से भी पूछताछ की जा सकती है भागलपुर में समाज कल्याण विभाग के बाल गृह में बच्चों को दी गई शारीरिक यातना के मामले की पुलिस ने जांच शुरू कर दी है टाटा इंस्टीट्यूट आँफ सोशल सांइस की दो हजार सत्रह की रिपोर्ट में इस बालगृह के बच्चों के साथ मारपीट और कई प्रकार की यातनाएं दिये जाने का मामला उजागर हुआ था इसी रिपोर्ट के आधार पर बाल गृह का संचालन करने वाली स्वयंसेवी संस्था रूपम प्रगति समाज समिति के पदाधिकारियों के विरुद्ध समाज कल्याण विभाग की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी सूत्रों ने बताया कि बाल गृह के दो कर्मचारी प्रदीप शर्मा और प्रवेश दास को हटा दिया गया है जबकि समिति के सचिव के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है सारण जिले में नगर थाना क्षेत्र में जिला परिषद् कार्यालय के निकट एक बगीचे से बरामद सभी सात बमों को निष्क्रिय कर दिया गया है कल बच्चों द्वारा दी गयी सूचना पर पुलिस ने बगीचे से सात जिंदा बम बरामद किये थे मामले की छानबीन की जा रही है रियल ईस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने पांच जिलों के सोलह भवन निर्माताओं के खिलाफ नोटिस जारी किया है इन सबों पर नियमों की अनदेखी कर सैकड़ों लोगों को झांसे में लेकर प्लॉट और फ्लैट की बुकिंग का आरोप है मैट्रिक कम्पार्टमेंटल परीक्षा कल से प्रदेश के तीन सौ ग्यारह केंद्रों पर आयोजित की जायेगी दो अगस्त तक चलने वाली इस परीक्षा में लगभग दो लाख सत्रह हजार परीक्षार्थी भाग लेंगे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि परीक्षार्थियों को पंद्रह मिनट का शुरूआती समय प्रश्न पत्र पढ़ने और समझने को लिये दिया जायेगा उन्होंने कहा कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण परीक्षा संचालन के लिये सभी तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं रेलवे भर्ती बोर्ड ने नौ अगस्त से शुरू हो रही ग्रुप सी की भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की परीक्षा तिथि परीक्षा केंद्र और सत्र की जानकारी अपनी वेबसाईट पर अपलोड कर दी है साथ ही छात्रों की सुविधा के लिये मॉक टेस्ट का लिंक भी जारी कर दिया गया है अभ्यर्थी परीक्षा से चार दिन पहले संबंधित भर्ती बोर्ड की वेबसाईट से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे आज सावन की पहली सोमवारी है इस अवसर पर मंदिरों और शिवालयों में सुबह से ही श्रद्वालुओं की भीड़ देखी जा रही है मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर सोनपुर के हरिहरनाथ सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ दरभंगा के कुशेश्वर स्थान और मधेपुरा के सिंहेश्वर स्थान मंदिरों में इस अवसर पर विशेष प्रजा अर्चना और जलाभिषेक किया जा रहा है श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन की ओर से विशेष प्रबंध किये गए हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा के फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी करने के मामले में पटना पुलिस ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के एक कर्मी समेत पांच लोगों को हिरासत में लिया है मुजफ्फरपुर के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने मीनापुर प्रखण्ड के एक सौ चालीस शिक्षकों का नियोजन रद्द करने का आदेश जारी किया है पटना जिले के मसौढ़ी में अपराधियों ने एटीएम उखाड़ कर सत्रह लाख अड़सठ हजार रूपये लूट लिये पूर्वी चंपारण जिले के चिरैया थाना क्षेत्र के परतापुर चौक के पास दो मोटरसाइकिलों के बीच आमने सामने की टक्कर में चार युवकों की मौत हो गयी खगड़िया जिले के नगर थाना क्षेत्र स्थित बलुआही में पुलिस ने छापेमारी कर प्रतिबंधित लॉटरी टिकट के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने बारिश से जुड़ी खबरों को अपनी सुर्खी बनायी है हिन्दुस्तान लिखता है बारिश के कारण बीपीएससी कार्यालय के पास बेली रोड धंसा मुख्यमंत्री ने किया निरीक्षण पांच सदस्यीय जांच कमिटी का गठन दैनिक भास्कर की खबर है पटना में तीस घंटे में ही पूरे जुलाई की आधी बारिश एनएमसीएच के आईसीयू वार्ड में भी घुसा पानी दैनिक जागरण की सुर्खी है मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड की सीबीआई ने शुरू की जांच राष्ट्रीय सहारा की खबर है भागलपुर बाल गृह यातना मामले की भी जांच शुरू प्रभात खबर की सुर्खी है लेनदारों के इंतजार में बीमा कंपनियों के पास पड़े हैं पंद्रह हजार एक सौ सड़सठ करोड़ आज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान का प्रमुखता देते हुये लिखा है विकास में उद्योगपतियों की अहम भूमिका

मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों तक प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश की जतायी संभावना

भागलपुर का झारखण्ड से सड़क संपर्क टूटा